अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि इस पर्व का उद्देश्य सराहनीय है जो पर्यावरण और प्रकृति को बढ़ावा एवं संरक्षित करता है डॉ मिश्रा ने लोगो से राज्य की वनस्पति एवं जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण करने को कहा उन्होने लोगो से प्रकृति के वरदान का सही उपयोग करने और उन्हें आने वाले पीढ़ियों तक बेहतर ढंग में पहुचानें की सलाह दी राज्यपाल ने न्यीशी समुदाय के वरिष्ठों और सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने टोपी के लिए हार्नबिल की चोंच के स्थान पर फाइबल ग्लास चोंच का उपयोग करने के उनके प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता प्रयास और कार्य से वे हमारे राज्य पक्षी हॉर्नबिल को संरक्षित रखने के प्रति अपनी सेवा दे रहा है

यांग्फो के ठिकाने का पता चलने पर कार्यवाई करते हुए पुलिस विशेष जाँच दल ने दिरांग के निकट खामखार नाला क्षेत्र में छापा मारा छापे के दौरान मौके से ताक्युंग यांग्फो की पत्नी सहित बारह बोर बंदुक तथा बंदूक बनाने के सामान बरामद हुए गोरतलब है कि ताक्युंग यांग्फो एक वांटेट अपराधी था जिसके उपर पांच लाख रुपए का नकद इनाम था

एस डी ओ सबोदम तायांग ने दोईमुख के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियों द्रोपस पिलाकर जिला स्तरीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की समारोह में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ सुब्र तासो काम्पु डी आर सी एच ओ डॉ डब्लू ताकु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी लोबसांग चुकी कर्मचारी और लाभार्थी मौजूद थे पूरे जिलें में कुल चार सौ इक्तालीस बूथो में आई पी पी आई कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया

आदेश में केंद्रीय विद्यालय नामसाई का शैक्षणिक सत्र कक्षा एक से पांचवी के लिए शुरु करने को निर्धारित किया गया है जिसके लिए दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरु की जाएगी नामसाई जिला उपायुक्त ने राज्य में और के वी स्कूलों के गठन के लिए अत्यंत रुचि लेने के लिए राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और स्थानीय विधायक जिग्नू नामचूम के प्रति आभार व्यक्त किया

ये मासिक रेडियों कार्यक्रम की इकसठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्ररदर्शन न्यूज के यू ट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा हिंदी प्रसारण के बाद तुरंत ही क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में उसी दिन रात आठ बजे फिर से सुना जा सकता है

बर्ड वाक का आयोजन अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग कल्ब के सदस्यों और वन्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय से अनुसंधान विद्वान और जीव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के छात्रों ने भाग लिया वाक के दौरान विभिन्न अवसरों पर क्षेत्र में पक्षियों के दो सौ तीस प्रजातियों को दर्ज किया गया

अब तक अरुणाचल प्रदेश ने दो स्वर्ण पाँच रजत और दो कांस्य पदक के साथ कुल नौ पदक जीते है

आज का अधिकतम तापमान पच्चीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज कि गई इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार